इस दौरान कानून व्यवस्था और इस दिशा में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी इस बीच मुख्यमंत्री आज शिमला के भट्टा कुफर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे निःशुल्क बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का शुभारम्भ करेंगे शिविर में विभिन्न रोग विशेषज्ञ मरीजों की स्वास्थ्य जांच करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे सायर मेला सोलन जिले के अर्की उपमंडल में आज से सायर मेला शुरू हो रहा है हर वर्ष अश्विन माह की संक्रान्ति को मनाए जाने वाले इस मेले के प्रति लोगों की असीम आस्था है सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि मां काली की विधिवत प्रजा अर्चना के बाद ये मेला शुरू होगा मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रर्दशनियां लगाई जाएंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा

बीते दो दिनों से ग्रामीणों ने डंपिंग साइट पर नगर परिषद कल्लू व नगर पंचायत भूंतर को कूड़ा फेंकने नहीं दिया है व साइट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर रखा है

उपायक्त ने बताया कि ये नैपकिन विभिन्न द्वकानों के माध्यम से बेचने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि ये कारोबार सफल हो सके अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचापत्रों ने शिक्षक संघ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है शिक्षकों को राहत देने के लिये अध्यादेश लाएगी सरकार अमर उजाला का शीर्षक है पीटीए पैरा और पैट शिक्षकों को मिलेगा एक पदनाम आपका फैसला के शब्द हैं विद्या उपासक पूरानी पेंशन योजना के तहत आएंगे दिव्य हिमाचल के अनुसार सरकारी शिक्षकों की अब एक कैटेगरी अजीत समाचार की सुर्खी है हिमाचल को देश का शिक्षा केन्द्र बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है पीटीए पैट पैरा टीचर्स को मिलेगा नया नाम

दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है मंत्रियों के लिये एसयूवी खरीदेगी जयराम सरकार मुख्यमंत्री ने कहा पैदल तो नहीं चल सकते सरकार के मंत्री दिव्य हिमाचल की एक खबर है मणिमहेश में श्रद्धालुओं का सैलाब झील में कूदे शिव चेले जबकि हिमाचल दस्तक और दैनिक जागरण ने लिखा है मणिमहेश यात्रा में बच्ची समेत तीन लोगों की मौत

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय शिक्षा में परिवर्तन का आश्वासन में लिखा है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उपमंडलाधिकारी किस सीमा तक आदर्श स्कूलों का नेतृत्व करेंगे लेकिन इतना स्पष्ट है कि सरकार शिक्षण संस्थानों के मानसिक पटल पर हस्ताक्षर बदल रही है